संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेदकर की पुण्यतिथि पर प्रदेशभर में कई कार्यक्रम आयोजित

इनमें तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन भी शामिल हैं

मुख्यमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्नातकोत्तर महाविद्यालय हमीरपुर के इंडोर स्टेडियम गृह रक्षा वाहिनी के भवन और गसोता में पेयजल योजना का लोकार्पण भी किया

उन्होंने कहा कि हमीरपुर ज़िले का विकास करना सरकार की प्राथमिकता है और यहां अनेक योजनाए शुरू की गई हैं उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में हिमकेयर जैसी बड़ी योजना शुरू करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है और शतप्रतिशत आबादी को इसके तहत लाया गया है जयराम ठाकुर ने लम्बलू को उपतहसील बनाने की घोषणा भी की इस अवसर पर केंद्रीय वित्त व कारपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने संबोधन में आरोप लगाया कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने हमीरपुर ज़िले के विकास की अनदेखी की लेकिन वर्तमान सरकार के कार्यकाल में ज़िले में विकास की गति तेज हुई है उन्होंने कहा कि युवाओं के कौशल विकास के लिए केंद्र सरकार ने कौशल विकास योजना शुरू की है जो युवाओं को रोजगार दिलाने में कारगर साबित हो रही है राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने युवाओं को आध्निक तकनीकी शिक्षा देने और उनके कौशल विकास पर बल दिया है शिमला में आज सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा आयोजित छात्रवृत्ति वितरण समारोह में उन्होंने कहा कि आज राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक और तकनीकी दृष्टि से सुधार की जरूरत है

उन्होंने कहा कि युवा देश की सम्पत्ति है और कौशल विकास से इनके भविष्य को उज्जवल बनाया जा सकता है राज्यपाल ने विद्यार्थियों से कौशल विकास के साथ उच्च शिक्षा हासिल करने का आहवान किया

प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में रैली को लेकर विस्तार से चर्चा की गई उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता इसमें भाग लेंगे उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का दो वर्ष का कार्यकाल उपलब्धियों भरा रहा है और रैली को सफल बनाने के लिए पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई है बैठक में प्रदेश संगठन मंत्री पवन राणा भी मौजूद रहे परमार कांगड़ा ज़िले के सिहोटू में जाने माने समाज सेवक चौधरी सरवन कुमार की प्रतिमा स्थापित की जाएगी स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल अटियाला दाई के वार्षिक समारोह में ये घोषणा की उन्होंने स्कूली बच्चों से महान स्वतंत्रता सैनानियों व समाज सेवियों के जीवन से प्रेरणा लेने का आहवान किया

बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज नाहन क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यो का जायज़ा लिया उन्होंने निर्माणाधीन सड़कों व पुलों के कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्माण कार्यो में गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए

बैंकर्स समिति राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक आज शिमला में हुई जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अनिल क्मार ने की बैठक में विभिन्न बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया यूकों बैंक के प्रबंध निदेशक एके गोयल ने बताया कि बैठक का उदेश्य बैंकों को दिए गए लक्ष्यों की समीक्षा करना है

गोयल ने कहा कि लोगों विशेषकर ग्रामीणों को अधिक से अधिक ऋण देकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना बैंकर्स समिति का लक्ष्य है बिक्रम ठाक्र राज्य सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में आकर्षित किए गए निवेश को धरातल पर उतारने के प्रयास तेज कर दिए हैं

उन्होंने इस भूमि पर औद्योगिक विकास की संभावनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी की उन्होंने अधिकारियों को इस क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना को लेकर गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध है और सरकार उद्योगों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है

शिमला के चौड़ा मैदान स्थित डॉक्टर अम्बेदकर की आदमकद प्रतिमा पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज और शिमला की महापौर कुसुम सदरेट सहित अन्य लोगों ने पृष्पांजलि अर्पित की मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेदकर जानेमाने विधिवेता थे और भारत के संविधान निर्माण में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा उन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेदकर ने गरीबों व कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया

शिक्षा मंत्री स्रेश भारद्वाज ने आज सभी उपायुक्तों और ज़िला शिक्षा अधिकारियों के साथ शिमला से वीडियो कांफ़ेंसिंग के माध्यम से तैयारियों का जायज़ा लिया उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार प्री बोर्ड परीक्षाएं करवाई जा रही हैं जिसका उद्रेश्य विद्यार्थियों की शैक्षणिक कमजोरियों का आकलन कर उनमें सुधार लाना है

मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने शोभायात्रा में शामिल होकर इसका श्भारम्भ किया ये उत्सव हमीरप्र जिला की स्थापना के सिलसिले में मनाया जाता है मुख्यमंत्री ने हमीरपुर वासियों को इस उत्सव की शुभकामनाएं दी और कहा कि ये उत्सव प्राचीन संस्कृति का प्रतीक है केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट राज्य मंत्री अन्राग ठाक्र भी इस अवसर पर मौजूद थे उन्होंने कहा कि जिला में हमीर उत्सव का विशेष महत्व है और ये उत्सव समृद्ध संस्कृति का परिचायक है उत्सव के दौरान खेल कूद प्रतियोगिताएं करवाई जा रही हैं और कल फाईनल मुकाबले खेले जाएंगे उत्सव की पहली सांस्कृतिक संध्या में आज मुख्य रूप से पंजाबी गायक कंवर ग्रेवाल लोगों का मनोरंजन करेंगे

वन मंत्री गोबिंद ठाक्र ने आज मनाली में शरद उत्सव आयोजन समिति की बैठक में बताया कि इस बार ये उत्सव नए स्वरूप में नजर आएगा